प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट मतदान की सभी तैयारियां पूरी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

इस बारे में गृह विभाग ने नई गाइड लाइन जारी की है

कन्टेमेंट जोन में अब केवल आवश्यक गतिविधियां ही संचालित हो सकेंगी राज्य के पांच और जिलों नागौर पाली टोंक सीकर और श्रीगंगानगर में रात्र आठ बजे से सुबह छह बजे तक का रात्रिकालीन कफ्यू लगाया जाएगा इससे पहले आठ जिलों में रात्रिकालीन कफ्यू जारी है

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रुखंला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश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

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में पांच छह जगह टीके के विकास के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी

यह बातचीत वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से होगी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि जिनोवा बायोफार्मा बायोलॉजिकल ई तथा डॉक्टर रेड्डीज के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में शामिल होंगे

इससे पहले आज प्रत्याशी और समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं राज्य चुनाव आयुक्त ने उम्मीदवारों और समर्थकों से जनसंपर्क करने के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है

वे कोरोना से संकमित थीं और ग्रूग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थी आज उनकी पार्थिव देह उदयपुर लाई जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीमती माहेश्वरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के लिए मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने श्रीमती माहेश्वरी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है

श्री गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि कोन्द्र सरकार द्वारा इन तीनों बिलों को किसानों और विशेषज्ञों से चर्चा किए बिना ही लाया गया इन अधिनियमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक नहीं होने से किसानों में अविश्वास पैदा हुआ है

इस अवसर पर गुरूद्वारों में शबद कीर्तन के कार्यक्रम रखे गये हैं कोविड महामारी के कारण जारी दिशा निर्देशों के तहत अधिकांश जगहों पर इस बार सामूहिक लंगर के आयोजन स्थगित किये गये हैं श्रीगंगानगर में गुरूद्वारा में हो रहे कीर्तन का सीधा प्रसारण स्थानीय केबल और सोशल मीडिया के जरिये किया जा रहा है

उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि सभी को उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने और उन्हें आचरण में लाने का स्वयं संकल्प लेना चाहिए उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देशवासियों को गुरू नानक देव जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं